ब्रह्मांक परियोजना के तहत सीमा सड़क संगठन द्वारा ईस्ट सियांग जिले के सिसिरी नदी पर निर्मित दो सौ मीटर लंबे पुल का उद्घाटन करते हुए रक्षामंत्री ने कहा कि क्षेत्र में पिछले पांच सालों में संपर्क सुविधाओं का त्वरित विकास हुआ है श्री सिंह ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में कनेक्टीविटी इस क्षेत्र के विकास के अलावा सुरक्षा के नजरिये से भी महत्वपूर्ण है रक्षामंत्री ने आर सी ई पी पर भारत के रुख को स्पष्ट करते हुए कहा कि देश के हितों के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा इस अवसर पर मुख्यमंत्री पेमा खाण्डूउपमुख्यमंत्री चाउना मैन विधायक लोंबो तायेंग गुम तायेंग कालिंग मोयोंग सांसद तापिर गाव और कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे उपमुख्यमंत्री चाउना मेन ने कहा कि सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों के दरवाजे तक शासन को लाना और सरकार और लोगों के बीच की दूरिया को कम करना है लोहित जिले के वाकरो अंचल के अंदर मेदो में सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम का उदघाटन करते हुए श्री मेन ने कहा कि जागरुकता बढ़ाने और अपने लोगों के लिए लाभकारी योजना को साझा करने में मदद करने के लिए सरकार का यह सहयोग कार्यक्रम सुशासन प्राप्त करने और अपने लोगों को सेवा प्रदान करने के लिए एक महान सामूहिक प्रयास है उन्होंने लोगों से कार्यक्रम में बढ़चढ़ कर भाग लेने और सभी सेवाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाने की अपील की कार्यक्रम के दौरान श्री मेन ने सभी लाभार्थियों को राशन कार्ड एल ई डी बल्ब नई रसोई गैस कनेक्शन और कृषि आपूर्ति प्रदान किए

उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश पांच प्रकार के कृषि जलवायु क्षेत्रों के लिए धन्य है जो विभिन्न प्रकार की फसलों के लिए उपयुक्त है ये बात श्री ताकी ने कल ईटानगर के दोरजी खाण्डू कन्वेंशन सेंटर में दो दिवसीय कृषि बागवानी उत्पादन पर सम्मेलन सह अंतर्रष्ट्रीय खरीदार एवं विक्रेता बैठक का उद्घाटन करते हुए कहा उन्होंने कहा ये बैठक अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय खरीदारो और किसानों और किसानों के बीच संपर्क की और बढ़ाएगा ईटानगर में इस तरह का यह पहला कार्यक्रम है जिसका लक्ष्य कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना और पूर्वोत्तर क्षेत्रों से खासतौर पर अरुणाचल प्रदेश से क्रषि निर्यात के लिए बाजार लिंकेज की सुविधा प्रदान करना है उद्योग मंत्री तूमके बागरा ने कहा कि शिक्षा और सड़क संपर्क अन्य विकास के लिए मार्ग प्रशस्त करने के लिए महत्वपूर्ण घटक हैं वेस्ट सियांग जिले के वाक राजकीय लोअर प्राथमिक विद्यालय की स्वर्ण जयंती समारोह के समापन को संबोधित करते हुए उन्होंने लोगों से पर्यटकों पर निवेश के लिए पर्यावरणीय अनुकूल वातावरण बनाने का आग्रह किया श्री बागरा ने किसानों से बागवानी में रुची लेने का आग्रह करते हुए कहा कि राज्य सरकार जल्द ही ईटानगर में फूड पार्क शुरु करने जा रहा है नामसाई जिले में स्थित अरुणाचल यूनिवर्सिटी में इनवेस्टीगेटिव जर्नालिज्म पर राज्य के मीडिया कर्मियो और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए आज एक कार्यशाला आयोजित की गई राष्ट्रीय प्रेस दिवस के तहत आयोजित इस कार्यशाला में मीडिया कर्मियों और इस क्षेत्र में आने की चाहत रखने वाले युवाओ को इनवेस्टीगेटिव जर्नालिज्म के सभी पहलुओं पर विस्तृत जानकारी दी गई गौरतलब है कि मीडिया कर्मियों को राज्य के सभी क्षेत्रों से रुबरु कराने के लिए राष्ट्रीय प्रेस दिवस का आयोजन प्रत्येक वर्ष अलग अलग जिलों में किया जाता है इस बार राष्ट्रीय प्रेस दिवस मुख्य समारोह नामसाई में आयोजित किया जा रहा है जिसमें राज्यभर के मीडिया कर्मी हिस्सा ले रहे है

उन्होंने उम्मीद जताई है कि यह पर्व सभी के लिए शांति सौहार्द और खुशहाली लाएगा विश्व मध्रमेह दिवस के उपलक्ष्य पर ईटानगर विधायक तेची कासो ने कल नाहरलगुन स्थित तोमो रिबा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विज्ञान संस्थान में साईक्लिंग अभियान को हरी झंडी दिखाई